इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रधानमंत्री समीक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश में कोविड से संबंधित स्थिति की व्यापक समीक्षा की

श्री मोदी ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की प्रधानमंत्री ने टीकों के बारे में प्रगति और अगले दो महीनों में इनका उत्पादन बढाने के रोड मैप की भी समीक्षा की

इसे मिलाकर क्ल संक्रमित लोगों की संख्या दो करोड़ दस लाख से अधिक हो गई है

अब तक कोरोना से दो लाख तीस हजार से अधिक लोगों की मौत हो च्की है

रायसेन जिले के गैरतगंज में स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभ्राम चौधरी ने कोरोना संक्रमण से बचाव की गतिविधियों और वैक्सीनेशन की जानकारी ली बैतूल जिले के कोविड प्रभारी और श्रम विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा ने आज जिला अस्पताल के कोविड वार्ड डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर सहित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन किया

आक्सीजन एक्सप्रेस प्रदेश में आक्सीजन की आपूर्ति के लिए किये जा रहे प्रयासों की श्रंखला में बोकारो से रवाना की गई पांचवीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस में दो टैंकर ऑक्सीजन लेकर यहाँ पहंची जिसमें से एक टैंकर जबलप्र के भेड़ाघाट में और एक टैंकर मंडीदीप में उतारा गया

वहीं अपर श्रम आयुक्त प्रभात दुबे को राज्य नोडल ऑफिसर बनाया गया है

उन्होंने कहा कि वायरस के विभिन्न स्वरूप समुचे विश्व और भारत में भी आएंगे जो अधिक संक्रमण फैलायेंगे श्री राघवन ने कहा कि यह समय सबके लिए मिलजुल कर काम करने का है श्री राघवन ने कहा कि भारत और विश्व इस महामारी से बाहर निकलेंगे और इसे नियंत्रित करने में मास्क और स्रक्षित दूरी सबसे प्रभावी उपाय हैं टीकाकरण प्रदेश के सभी जिलों में टीकाकरण जोर शोर से चल रहा है

वाजपेयी जी का समाजसेवा राजनीति और व्यापारिक क्षेत्र में भी गहरा दखल रहा है

आयोग ने मामले को केस दर्ज कर कार्रवाई श्रू कर दी है